उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार ने सतत समर्थन देने का आश्वासन दिया है राज्यपाल ने अपने संबोधन में प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न विकासात्मक पहल और केंद्र प्रायोजित योजनाओ के सफल कार्यान्वयन पर भी रोशनी डाली उन्होंने कहा कि सरकार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सामाजिक और आर्थिक ब्रनियादी ढांचे को सशक्त करने के लिए पूरी कोशिश कर कहे है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में रह रहे लोग आराम और गरिमा के साथ जिये राज्यपाल ने कहा की इन द्ररस्थ इलाको में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजना के अंतर्गत आगामी अप्रैल तक सौ प्रतिशत विद्युतीकरण करवाने का लक्ष्य रखा है उन्होने कहा कि अगले दो महिनों में कामेंग और पारे पनबिजली परियोजनाओ को कमीशन किया जाएगा जिसके चलते राज्य सात सौ दस मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त बिजली उत्पदान कर पाऐंगे राज्यपाल के संबोधन के बाद विधानसभा के चार भुतपूर्व सदस्यों के सम्मान में शोक संदेश रखा गया बाद में व्यवसाय सलाहकार समिति रिपोर्त को अपनाया गया और प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण को सत्र में पेश किया गया विधान सभा अध्यक्ष द्वारा सत्र को आगामी सोमवार तक स्थगित करने से पहले आठ विधेयक पेश किए गए विधान सभा के बजट सत्र आगामी सोलह मार्च तक चलेगी राष्ट्रीय क्रषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने प्रदेश सरकार को अपने ग्रामीण ब्रनियादी ढांचा विकास फंड के तहत तेंतीस हजार छ सौ उन्नीस लाख रुपए की धनराशी की मंजूरी दी है जबकी चालू वर्ष दो हजार सत्रह अठ्ठारह के लिए पच्चीस हजार लाख रुपए निर्धारित किया गया था इस धनराशी को सत्ताईश ग्रामीण ब्रनियादी ढांचा परियोजना के लिए उपयोग में लाया जाएगा जिसमें इक्कीस नई सड़के दो ग्रामीण पुल और राज्य में चार पेय जल आपूर्ति परियोजना का निर्माण किया जाएगा मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने नाबार्ड के इस कदम का स्वागत करते हुए आज जारी एक वक्तव्य में कहा की पिछले एक वर्ष मे नाबार्ड और राज्य सरकार का संबंध अदभुत रहा उन्होंने नाबार्ड के प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय को उनके सार्थक समर्थन के लिए धन्यवाद दिया पाच सौ से अधिक जागरुकता के चैनलाइजिंग में सब्सिडी और अतिरिक्त केंद्र सेक्टर योजनाओ में समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने नाबार्ड की सराहना की ईस्ट सियांग जिले के सिस्सेन से लेयिंग ग्रामीण लिंक रोड का उद्घाटन कल राज्य भाजपा अध्यक्ष तापिर गांव ने किया उद्घाटन के बाद लोगो को संबोधित करते हुए श्री गांव ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भ्रमिका महत्वपूर्ण है क्योकि निर्माण प्रक्रिया की मूल निविष्टिया जैसे श्रमिक व प्राकृतिक संसाधन की अधिक क्षमता गांवो में होती है जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उन्होंने कहा की बुनियादी सुविधाए जैसे साफ पेय जल सड़क कनेक्टिविटी बिजली स्वास्थ्य और शिक्षा राज्य के लोगो तक पहुचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है इस अवसर पर स्थानीय विधायक तापांग तालोह और ओनित पान्यांग भी मौजूद थे वेस्ट सियांग जिला मुख्यालय आलो के काबू मासी आई आर बी एन कंप्लेक्स और ओल्ड मार्केट को आलो ताऊनशिप के तीन सबसे स्वच्छ कलोनी के तौर पर चुना गया रेई मल्टीर्पपस को अपरेटीव सोसाईटी और आर सी सी एन टी वी ने संयुक्त रुप से अपने वार्षीक कार्यक्रम के दौरान बुधवार को इन तीन कलोनियों को पुरस्कार प्रदान किया ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट रुक्सीन और मेबो की आदी जनजातियो ने गुरुवार को उन्यींग आरान गीदी को हर्षाल्लास के साथ मनाया गीदी में शरीक होते हुए रुक्सीन ब्लॉंक के जिला पंचायत सदस्य तोंगगेंग पान्यांग और अंचल चेयर पर्सन अरुणी जामोह ने लोगो से एक जूट होकर क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए कार्य करने की अपील की जिला मुख्यालय पासीघाट में जेड पी सी कालींग दाई ने कहा कि बसन्त ऋतू का स्वागत करते हुए लोग इस पर्व को मनाते है उन्होंने कहा की यह त्यौहार सामुदाय के लोगो के बीच बेहतर समझ और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जन आंदोलन और सामाजिक मिशन का रुप देने का आह्वान किया है वे अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू जिले में बेटी बचाओ बेटी पढाओ पहल के अखिल भारतीय विस्तार कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि बालिकाओं के साथ सदियों से की जा रही गलतियाँ से समाज में एक असंतुलन पैदा हो गया है और इसे नई पीढ़ी द्वारा द्ररस्त किये जाने की जरुरत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम दो वर्ष पहले हरियाणा में शुरु किया गया था यह कार्यक्रम मौजूदा एक सौ इकसठ जिलों से बढ़ाकर अब पूरे देश के छह सौ चालीस जिलों में लागू कर दिया गया है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय पोषण मिशन और एकीकृत बाल विकास सेवा तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन के संयुक्त ऐप्लीकेशन साँफ्टवेयर की शुरुआत की राष्ट्रीय महत्व के इन दोंनो कार्यक्रमों की शुरुआत के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया के निर्माण के लिए महिलाओ के जीवन में व्यापक बदलाव लाने और नारी शक्ति का उचित उपयोग करने की आवश्यकता है पी एम शब्द का विस्तार पोषण मिशन के रुप में करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कुपोषण की समस्या के खिलाफ लड़ाई के लिए एक परितंत्र स्थापित करने जा रही है इस मिशन के तहत नब्बे अरब रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी